प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज छठें चरण की प्रतापगढ़ और बस्ती संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसंभायें की प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि चार चरण के मतदान से यह साफ हो गया है कि देश की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है सपा बसपा गठबंधन पर सवाल उठाते हये श्री मोदी ने कहा कि सपा ने बसपा को ऐसा धोखा दिया है जो उन्हें समझ में नही आ रहा है बस्ती की चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने समाज से जाति और वर्ग का भेद समाप्त करने का संकल्प लिया है साथ ही यह पार्टी भूख और बीमारी मिटाने के लिये भी संकल्पित है बाराबंकी में आयोजित एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने सपा बसपा गठबंधन को बोर्ट देने का मन बना लिया है उन्होंने भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाते हुये कहा कि उन्होंने जनता से किया हुआ कोई वादा पूरा नही किया है और विकास को रोक दिया है श्री यादव ने गोण्डा में भी सप बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के लिये जनसभा कर वोट की अपील की कॉप्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अमेठी में रोड शो करने के बाद एक नुक्कड़ सभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रही है जबकि उन्हें उपज का दाम भी नही मिल पा रहा है प्रियंका गांधी ने भाजपा नेताओं पर मर्यादा के विपरीत जाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया इस चरण में छह मई को प्रदेश के जिन चौदह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रो में वोट डाले जायेंगे उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैज़ाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं इन सभी सीटों पर दो करोड़ सैंतालीस लाख नौ हज़ार पांच सौ पन्द्रह मतदाता चुनावी समर में उतरे कूल एक सौ इक्यासी प्रत्याशियों के राजनैतिक भाग्य का फैसला करेंगे सुवारू मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिये सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कुल सोलह हजार एक सौ छब्बीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं इस चरण में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी अमेठी से पूनः अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं श्री गांधी का भाजपा प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुकाबला है वहीं लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम और सपा बसपा गठबंधन की प्रत्याशी पूनम सिन्हा चुनाव मैदान में हैं धौरहरा सीट पर कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं जबकि फैजाबाद सीट पर भाजपा के निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह फिर से चुनाव मैदान में हैं इसी सीट से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री और गठबंधन प्रत्याशी आनन्द सेन यादव चुनाव लड़ रहे हैं बहराइच सुरक्षित सीट से भाजपा से हाल में ही कांग्रेस में शामिल हुई निवर्तमान सांसद सावित्रीबाई फुले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है उनके मुकाबले में गठबंधन प्रत्याशी शब्बीर बाल्मीकि और भाजपा प्रत्याशी अक्षयवर लाल गौंड हैं बाराबंकी सुरक्षित सीट से भाजपा ने पार्टी विधायक उपेन्द्र रावत को टिकट दिया है जबकि पूर्व सांसद राम सागर रावत गठबंधन के उम्मीदवार हैं इस सीट से कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को चुनावी समर में उतारा है